विभिन्न दलों के नेता जनसभाएं और रोड़ शो कर रहे हैं

सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे इसमें दीपदान बैंड वादन गांव स्तर पर वोट बारात महिला मार्च मानव श्रृंखला ट्राई साईकिल रैली और मैराथन दौड़ आयोजित कर मतदाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रसारित होने वाले विज्ञापन के खर्च और विज्ञापन की जानकारी संबंधित लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन विभाग को भेजी जायेगी उन्होंने कहा कि बिना अधिप्रमाणन के विज्ञापन का प्रसारण चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आएगा

जिला निर्वाचन अधिकारी को बीएलओ के खिलाफ राजनेताओं का सम्मान करने और मतदाताओं को पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिये धमकाने की शिकायतें मिली थी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पाकिस्तान का भय दिखाकर जनता से वोट मांगने का आरोप लगाया है श्री गहलोत ने कल भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में कोई काम नहीं किया श्री मोदी पाकिस्तान का डर दिखाकर जनता से वोट मांग रहे है लेकिन पाकिस्तान से कोई नहीं डरता मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तीन महीनों में कांग्रेस सरकार ने कई बड़े फैसले किये है और जो मुद्दे रहे गये हैं उन्हें चुनाव बाद पूरा कर दिया जायेगा

भाजपा के किसी नेता के यहां कार्रवाई नहीं हो रही है श्री गहलोत ने झालावाड़ में भी जनसभा की

श्री जावडेकर ने कल जयपुर में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे है कि अगर मोदी दोबारा जीते तो देश में फिर चुनाव ही नहीं होंगे

उन्होंने कहा कभी कांग्रेस देश की मुख्य पार्टी हुआ करती थी लेकिन आज वह हाशिए पर आ गई है

उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी के विरोध के नाम पर जनता को छलने का प्रयास किया जा रहा है

इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से झूठे वायदे कर प्रदेश में सरकार बनाई है कांग्रेस को किसानों की अनदेखी करने का परिणाम लोकसभा चुनावों में भूगतना होगा श्री राठौड ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में शुरू की गई केन्द्र सरकार की योजनाओं से भी प्रदेश के किसानों को दूर रखा

उन्होंने कहा कि जीएसटी से राज्यों के राजस्व में डेढ गुना बढ़ोतरी हुई है कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी धन्यवाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद पंजीकृत व्यापारियों की संख्या दोगुनी हो गई है

चिकित्सा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव और एनएचएम मिशन निदेशक समित शर्मा ने बताया कि यह अभियान प्रदेश के अस्पतालों में मरीजो को दी जा रही सुविधाओं में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है